प्रदेश सरकार ने सेब सीजन के लिए किए पर्याप्त प्रबंध बागवानों को नहीं आएगी सेब बेचने में समस्या

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा है कि धन के अभाव को विकास के आड़े नहीं आने दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने आज मण्डी जिला के संदरनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो के उदघाटन व शिलान्यास के बाद एक वर्चुअल रैली को सम्बोधित करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह खर्च न हुए धन को विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करें ताकि इस राशि का उचित प्रयोग सुनिश्चित हो सके

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल एक समय कोरोना मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर था लेकिन बाहरी राज्यों से अपने घर लौटे लोगों के कारण कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर और सुंदर नगर के विधायक राकेश जमवाल भी इस दौरान मौजूद रहे गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकर ने वनों के संरक्षण और विस्तार के लिए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से सहयोग का आहवान किया है गोबिंद ठाकुर ने आज मनाली के समीप लौगहट परिसर में पौधरोपण के मौके पर कहा कि वन विमाग इस साल सवा करोड़ पौधों का रोपण करेगा और इसमें प्रदेश के सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है गोविंद ठाकर ने आम जनता से अपने प्रियजनों के जन्म दिवस पर यादगार स्वरूप पौध रोपण की अपील भी की उन्होंने वनों को आग से बचाने की भी लोगों से अपील की और कहा कि जानबुझ कर आग लगाने वालों की तुरंत पुलिस या वन विभाग को सूचना दें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर कोरोना के बढ़ते मामलों के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को दबाव में बाहरी लोगों को राज्य की सीमाएं खोल कर गलत निर्णय लिया है और ये फैसला आने वाले दिनों में प्रदेश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र के समुख मजबूती से अपना पक्ष न रखने का भी आरोप लगाया

ये वृक्षारोपण ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा उन्होंने सरकार से बागवानों को आ रही लेबर की समस्या को दूर करने की भी मांग की और कहा कि सरकार की बेरूखी से प्रदेश की पांच हजार करोड़ रूपए की आर्थिकी चौपटे हो सकती है पर्यटन राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने और राहत प्रदान करने के लिए आतिथ्य क्षेत्र में कार्यशील पूंजी ऋणों का ब्याज अनुदान योजना आरंभ की है

इस योजना के तहत ऋण का भुगतान चार वर्षो में करना होगा इसमें ब्याज अन्दान के प्रथम दो वर्ष और ऋण स्थगन का एक वर्ष भी शामिल है पर्यटन निदेशक ने कहा कि इच्छुक इकाईयां आपरेटर कार्यशील प्रंजी ऋण लेने के लिए जिला पर्यटन अधिकारी और संबंधित उपनिदेशक या डीटीडीओ को आवेदन कर सकते हैं विमोचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा प्रकाशित पत्रिका फलोरा और एविफॉनल डाईवरसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पत्रिका में प्रदेश की एविफॉना से सम्बंधित विस्तृत चित्रात्मक उल्लेख और वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध है उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी की स्थिति में हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता का महत्व और संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने सेब सीजन के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं और इस दौरान बागवानों को सेब बेचने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पडेगा मुख्यमंत्री आज मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा के नेतृतव में उनसे मिलने आए जुब्बल नावर और कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बागवानों को इस वर्ष सेब के बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है क्योंकि बाजारों में आयातित सेब उपलब्ध नहीं हो सकेंगे मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए मजदूरों की उपलब्धता का मामला केंद्र से उठाया है

कोरोना अपडेट प्रदेश में आज कोरोना से काफी राहत मिली रही आज प्रदेश में कोरोना का अभी तक केवल एक ही मामला सामने आया है ये मामला कांगड़ा जिला से संबंधित है

भुकंप किन्नौर जिला में आज दोपहर बाद एक बजकर दो मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता तीन दशमलव दो मापी गई मौसम विभाग के स्थानीय निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि भुकंप का केंद्र किन्नौर जिला में जमीन के सात किलोमीटर भीतर था भुकंप के इन झटकों से किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी मामलों को मीडिया में ले जाने वाले नेताओं को चेतावनी दी है पाटिल ने आज शिमला में एक व्यान मे ंकहा कि ऐसा करने वाले नेताओं पर पार्टी की कडी नजर है और अनुशासनहीनता किसी भी रूप में सहन नहीं की जाएगी उन्होंने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा रजनी पाटिल ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है और कोरोना काल में उसके द्वारा लिए गए कृछ फैसलों से लोगों में भारी नाराजगी है शोक आईजीएमसी शिमला के रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव शर्मा सांई का बीती देर रात हृदय गति रूक जाने से निधन हो गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर संजीव शर्मा सांई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है दोनों नेताओं ने अपने शोक संदेश में कहा है कि डॉक्टर संजीव शर्मा एक योग्य चिकित्सक होने के साथ साथ एक उदार व्यक्ति भी थे उन्होंने कहा कि प्रदेश ने एक समर्पित चिकित्सक खो दिया है यात्रा किन्नौर जिला प्रशासन ने प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा पर इस साल पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है जिला प्रशाासन ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है कल्पा के एसडीएम अविनेन्द्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर रोक के चलते जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है उन्होंने ये भी कहा कि किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर वायरल एक वीडियो की जांच की जा रही है